वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की चुनौती सभी राज्यों के लिए एक जैसी है उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी उपायों पर अमल किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिहाज से अगले तीन चार सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है

आज प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई

भीलवाडा में मिले मरीजों में से तीन डॉक्टर है चिकित्सा मंत्री रघू शर्मा ने बताया कि भीलवाडा में एक साथ इतने मामले सामने आने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है और सीमा सील कर दी गई है उन्होंने बताया कि शहर को सैनेटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल राज्य के निजी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी कर पर्याप्त मात्रा में ग्लब्स मास्क वेंटीलेटर और आइसोलेशन के लिए कुछ बेड तैयार रखने को कहा है ताकि आपात स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके इससे पूर्व मुख्यमंत्री अशॉक गहलोत ने कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की श्री गहलोत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दो दिन पहले तक प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर स्थिति नियंत्रण में थी लेकिन संक्रमण के कुछ और मामले सामने आने के बाद हमारी चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि हमारा प्रदेश इस वायरस के कम्यूनिटी ट्रांसमिशन के दौर से गुजर रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कहा है कि लोग इस समय अफवाहों पर ध्यान न दें और पूरी तरह से सतर्क रहें

जयपुर की सड़कों पर अपेक्षाकृत बहत कम वाहन दिखाई दे रहे है प्रधानमंत्री द्वारा कल जनता कफर्यू की घोषणा को प्रदेश में व्यापक समर्थन मिल रहा है कई सामाजिक सांस्कृतिक और व्यापारिक संस्थानों नें इसे समर्थन देने की घोषणा की है जयपुर मेट्रो भी कल बंद रहेगी

स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता अभियान चला रहा है विदेश से आने वाले यात्रियों की स्कीनिंग की जा रही है इधर झंझन् में कोरोना प्रभावित परिवार के घर से एक किलोमीटर के दायरे में लगाये गये कर्फ्यू की समय सीमा दो दिन और बढा दी गई है प्रभावित क्षेत्र में इस दौरान आवश्यक सामग्री की आपूर्ति रसद विभाग करेगा